सम्मेलन में श्री मोदी ने आम समाधान खोजने के लिये साथ मिलकर काम करने की है

पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन एशिया प्रशांत क्षेत्र के देशों का एक महत्वपूर्ण मंच है यह सम्बद्ध देशों के बीच विश्वास निर्माण का काम करता है अब से कुछ देर बाद प्रधानमंत्री क्षेत्रीय आर्थिक व्यापक भागीदारी आरसीईपी सम्मेलन में भी भाग लेंगे यह आसियान देशों और उनके व्यापार सहयोगी देशों के बीच मुक्त व्यापार वार्ता मंच है इसमें भारत और चीन दोनों शामिल हैं यह भारत की एक्ट ईस्ट नीति और व्यापक सहयोग के लिए महत्वपूर्ण मंच है इससे पहले श्री मोदी ने दोपहर के मोज के समय स्थाई विकास विषय पर बैठक में हिस्सा लिया थाइलैंड के प्रधानमंत्री प्रयुत चान ओ चा ने दोहराया कि आसियान देश ऊर्जा दक्षता में तीस प्रतिशत सुधार और दो हजार पच्चीस तक अक्षय ऊर्जा में तेईस प्रतिशत की बढोतरी करेंगे उन्होंने कहा कि आसियान देशों ने गरीबी उन्मुलन की दिशा में बहत बडा काम किया है श्री मोदी ने शिखर सम्मेलन से इतर वियतनाम के प्रधानमंत्री से भी मुलाकात की प्रधानमंत्री मोदी ने जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आवे से भी वार्ता की दोनों नेताओं ने भारत जापान के रक्षा और विदेश मंत्रियों के संवाद और वार्षिक शिखर बैठक सहित अनेक मुद्दों पर चर्चा की केन्द्रीय पर्यावरण और जलवायू परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि एनडीए सरकार उद्योगों को आजादी देने को तैयार है बशर्ते वे इसका जिम्मेदारी पूर्वक निर्वहन करें वे आज नई दिल्ली में भारत में रसायन उद्योग और पर्यावरणीय प्रबंधन विषय पर अंतर्राष्ट्रीय जलवाय परिवर्तन दो हजार उन्नीस कार्यशाला के उद्घाटन अवसर पर बोल रहे थे उन्होंने कहा कि प्रद्वषण पर काबू पाने के लिए लोगों को भी जिम्मेदारी निमानी चाहिए जावडेकर ने संगोष्ठी में मौजूद लोगों और सभी हितघारकों से इस दिशा में ठोस प्रयास करने को कहा श्री जावड़ेकर ने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि इस दीपावली में आतिशबाजी में काफी कमी आई है फायर क्रेकर के विरोध में कितने भी सख्ती के नियम कोर्ट करे या सरकार करे

प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि रियल इस्टेट कम्पनियों द्वारा आवास खरीदने वालों के साथ घोखाघड़ी के मामलों पर सरकार मुकदर्शक नहीं बन सकती है लखनऊ में आज राष्ट्रीय रियल इस्टेट नियामक प्राधिकरण रेरा के पहले सम्मेलन को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने फिर भरोसा दिलाया कि उनकी सरकार इस दिशा में सकारात्मक पहल करेगी जिससे इस क्षेत्र में लोगों का विश्वास फिर से कायम हो सके अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि रेरा को घर खरीदने वालों के सभी हितों को सुरक्षित करने के साथ साथ वर्षी दो हजार सोलह में रियल एस्टेट कारोबारियों के हितों के लिए लागू किया गया था उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा से इसे शुरू किया गया यह रोजगार सुजन के लिए बड़ा क्षेत्र है प्रदेश सरकार सभी के हितों की रक्षा करेगी सम्मेलन में केन्द्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप पुरी ने कहा कि रियल इस्टेट नियंत्रण और विकास अधिनियम को लागू करना ग्राहकों के अधिकार के लिए बड़ा कदम है उन्होंने कहा कि बहत जल्द ही रियल इस्टेट ई कॉमर्स पोर्टल शुरू किया जायेगा राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने पूर्वोत्तर राज्य के युवाओं से कला और खेल में अपनी उत्कष्ट छवि को और निखारने का आहवान किया श्री कोविंद शिलॉग में नार्थ ईस्टर्न हिल युनिवर्सिटी के दीक्षान्त समारोह को संबोधित कर रहे थे श्री कोविंद ने कहा कि यह विश्वविद्यालय शिक्षा का उत्कृष्ट केन्द्र है और उन्हें यह जानकर प्रसन्नता हुई है कि नार्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी न केवल प्रमुख विषयों में शिक्षा प्रदान कर रही बल्कि जनजातीय बहल क्षेत्र में विकास कार्यों को भी प्राथमिकता देती है प्रदेश के पश्चिमी जिलों में वायु प्रदूषण की स्थिति खतरनाक बनी हुई है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर से जुड़े प्रदेश के जनपदों में आज भी घूंध छायी रही बागपत मेरठ और शामली जिलों के सभी स्कूलों में कल भी अवकाश घोषित किया गया है जलवायू विशेषज्ञ और पर्यावरणविदों का कहना है कि आतिशबाजों के प्रदूषण से समूचा उत्तर प्रदेश धुंध की चपेट में है इस दौरान मेरठ आगरा कानपुर लखनऊ प्रयागराज और वाराणसी का एयर क्वालिटी इंडेक्स ए क्यू आई अब तक के अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है कल लखनऊ का एक्यूआइ चार सौ बाईस था जो आज घटकर चार सौ पर आ गया हालांकि यह भी खतरनाक श्रेणी में आता है मौसम विशेषज्ञों ने कहा है कि अगले तीन चार दिन ध्रंध के हालात बने रहेंगे लखनऊ नगर निगम प्रदूषण को कम करने के लिये पेड़ों पर पानी का छिड़काव करा रहा है